मुख्यमंत्री कमलनाथ इस बारे में आज एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे नई दिल्ली में दोनों नेताओं ने इस संबंध में कल भी लम्बी चर्चा की थी मीडिया से बातचीत करते हुए कमलनाथ ने यह संकेत दिये कि मंत्रीमंडल में शामिल किये जाने वाले विधायकों के नामों को आज अंतिम रूप दिया जा सकता है

मुख्यमंत्री यह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि पहली बार जीत कर आये विधायकों को मंत्री परिषद में शामिल नहीं किया जायेगा

मनोनयन निरस्त राज्य शासन ने प्रदेश के सभी नगर निगम नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में नियुक्त एल्डरमेनों की नियुक्तियों को निरस्त करने के आदेश दिये हैं इन निकायों में करीब एक हजार एल्डरमेन हैं जिनकी नियुक्तियां अब तत्काल प्रभाव से निरस्त मानी जायेंगी वहीं राज्य शासन ने राज्य कृषक आयोग के अध्यक्ष ईश्वरलाल पाटीदार का मनोनयन भी निरस्त कर दिया है गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कृष्ण मुरारी मोघे का मनोनयन भी तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश भी दिये गये हैं यूरिया आपूर्ति रसायन एवं उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा कि उवर्रकों की कमी नहीं है यूरिया सहित सभी उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों को उर्वरक विभाग की ओर से हरसंभव सहयोग मिलेगा

वहीं प्रदेश में भी किसानों के लिये रबी सीजन में यूरिया सहित अन्य उर्वरकों की आपूर्ति बढी है

प्रमुख सचिव कृषि विकास एवं किसान कल्याण डॉ राजेश राजौरा के अनुसार एनएफएल और चम्बल फर्टिलाइजर अपने प्लांटों से प्रदेश को तेजी से यूरिया की आपूर्ति करेंगे

आधिकारिक जानकारी के अनुसार व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा उच्चतर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा और माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा आयोजित की जानी थी इस परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जायेगी भाजपा बैठकें विधानसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिये आज और कल भारतीय जनता पार्टी की संभागीय बैठकें आयोजित की जा रही है इन बैठकों में पार्टी पदाधिकारियों के अलावा जनप्रतिनिधि और प्रभारी भी उपस्थित रहेंगे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह ने बताया कि इन बैठकों में चुनाव परिणामों की बारीकी से समीक्षा की जायेगी ताकि लोकसभा चुनावों के लिये ठोस रणनीति तैयार की जा सके जीएसटी बैठक जीएसटी वस्तु और सेवाकर परिषद की आज नई दिल्ली मे बैठक हो रही है इस बैठक में कई वस्तुओं पर जीएसटी दरें कम किये जाने पर विचार किया जा सकता है

इस बैठक में निर्यातकों के लिए रिफंड संबंधी नियम आसान बनाने के लिये केन्द्र और राज्यों की राजस्व स्थिति पर भी चर्चा की जायेगी प्रभु पुरस्कार वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु को बिजली क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार के लिये स्कॉच गोल्डन जुबली चेलेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की अध्यक्ष डॉक्टर बिबेक देबरॉय ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना देश की प्रगति को दर्शता है उन्होंने विकेन्द्रीकरण राज्यों के बजट और वित्त आयोगों से जुड़े मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श की जरूरत बताई

वे आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी जुड़े रहे हैं रायसेन जिले के बरेली में यूरिया खाद न मिलने से नाराज किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्काजाम कर प्रदर्शन किया